आज गांधी नगर के पास अडालज में त्रिमंदिर परिसर में भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार महिलायें उज्जवला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमो की मुख्य लाभार्थीयो में से सत्तर प्रतिशत महिलायें हैं श्री मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिकाओं को सम्मान देने के लिए शुरु किया गया था और यह सुचारु रुप से चल रहा है श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का यह पक्का विश्वास है कि महिलायें बेहतर प्रबंधक और बेहतर संगठनकर्ता होती हैं और कई सारे कार्य एक साथ कर सकती है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों में महिला उद्यमियों को भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि दोनो उत्कृष्टता केंद्र के शुरु होने से राज्य के लोगो को लाभ होगा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगो विशेषकर पूर्वी क्षेत्रो के लोगो से मानसिकता मे बदलाव लाने की अपील की

यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तथा दक्षिणी तटों को जोड़ता है इस पुल की आधारशिला उन्नीस सौ सत्तानंवे में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने रखी थी लेकिन इसका निर्माण अप्रैल दो हजार दो में शुरु हो पाया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेलमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसका शिलान्यास किया था

यह पुल नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित डिब्रूगढ़ जिले को अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते घेमाजी जिले के सीलापथार को जोड़ता है सत्रह किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील पुल की अनुमानित लागत पाच हजार आठ सौ करोड़ रुपये है इस पूल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से किया गया है तीन लेन की सड़क और दो रेलवे ट्रैक वाले इस पुल के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश में चीन की लगती सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा इससे सैन्य साजो सामान पहुंचाने में भी सहूलियत होगी इस पुल के बनने से डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के बीच रेल की पाच सौ किलोमीटर की दूरी घटकर चार सौ किलोमीटर रह जाएगी जबकि ईटानगर के लिए रोड की दूरी एक सौ पचास किलोमीटर घटेगी इस पुल के साथ कई संपर्क सड़को तथा लिंक लाइनों का निर्माण भी किया गया है इनमें ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर ट्रांस अरुणाचल हाईवे तथा मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे दिबांग लोहित सुबनसिरी और कामेंग पर नई सड़कों तथा रेल लिंक का निर्माण भी शामिल है इसी दिन प्रधानमंत्री तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे ये चौदह कोच की ट्रैन साढ़े पांच घंटे में निर्धारित दूरी को तय करेगी इससे असम के घेमाजी लखीमपुर के अलावा अरुणाचल के लोगो को भी फायदा होगा

राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र और ग्रुप सी संवर्ग के सरकारी कर्मचारियो की सुविधाओ पर चर्चा की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण कदमो का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने उम्मीद जताई की सरकार के कार्यक्रम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जनआकाक्षाओ पर खरा उतरेगा मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सो के दौरे और शी योमी लेपा राडा और पाक्के केसांग जिले के उद्घाटन के बारे में जानकारी दी

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवांग में आयोजित इस परीक्षा में नगरीय क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयो के सैकड़ो छात्रो ने हिस्सा लिया शिक्षा विभाग ने बताया है कि यह परीक्षा ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित की जायेगी

इस अवसर पर विभिन्न विभागो के लाभार्थियो को आधार कार्ड एस टी प्रमाण पत्र पी आर सी सहित आवश्यक प्रमाण पत्र वितरित किया गया

आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार ब्रलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार